जनजातीय कार्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि राज्य सरकारों को वन अधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू करने के लिए समय समय पर निर्देश दिए जाते रहे हैं पिछले सप्ताह उच्चतम न्यायालय ने इक्कीस राज्यों को उन जनजातीय और वनवासी समूहों को हटाए जाने के कदमों की जानकारी देने को कहा था जिनके वन भूमि पर दावे खारिज़ कर दिए गये थे कोर्ट निर्देश केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से जम्मू कश्मीर के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को यह परामर्श जारी किया है परामर्श में कहा गया है किसी भी राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन और नोडल अधिकारियों को फिर सलाह दी जाती है कि वे छात्रों सहित कश्मीरियों पर किसी तरह के हमले धमकी और सामाजिक बहिष्कार रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं

निर्वाचन आयोग ने बताया कि सेवा मतदाताओं की संख्या में वृद्धि आयोग के अथक प्रयासों के द्वारा हुई जिसमें सेवा मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए उनके पंजीकरण के लिए विशेष प्रयास किए गए आयोग ने निर्देश दिए है कि नियमानुसार सभी बचे हुए और ऐसे सेवाकर्मी जो इस सेवा के लिए पात्र हैं लेकिन उन्होंने अपना पंजीकरण अभी नहीं कराया है वे अभी भी पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं निर्वाचन बैठक मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक आज भोपाल में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संदीप यादव की अध्यक्षता में हई बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के संबंध में चर्चा हई

उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से सभी मतदान केन्द्रों के लिये ब्रथ लेवल एजेण्ट नियुक्त करने उनकी जानकारी जिला अधिकारियों को देने जिलों में ईव्हीएम और व्ही व्हीपैट के लिये फर्स्ट लेवल चैकिंग कार्य में दलों के जिला स्तरीय प्रतिनिधियों को उपस्थित रखने का अनुरोध किया शहडोल मतदाता वृद्धि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश के कई जिलों में मतदाता सूची का कल अंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया गया

वहीं हमारे आगर मालवा संवाददाता ने खबर दी है कि कल प्रकाशित सुची के अनुसार जिले में कल चार लाख उन्तीस हजार चार सौ सात मतदाता हैं खनन नीति मध्यप्रदेश के खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने राज्य की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई रेत खनन नीति को दोष पूर्ण बताते हुए कहा कि इसे लोकसभा चुनाव के बाद बदल दिया जायेगा श्री जायसवाल ने पंचायतों को आवंटित रेत खदान पर सवाल खड़े करते हुये कहा कि कही न कहीं ये दोषपूर्ण हैं क्योंकि पंचायतों के पास संसाधनों का अभाव है और खदानों में दलालों का प्रभाव है उन्होंने आगे कहा कि पंचायतों को आवंटित खदानों की जांच कराई जायेगी साथ ही दोष पूर्ण इस प्रणाली पर रोक लगाने की कर्रवाई कर लोकसभा चुनाव बाद नई रेत खनन नीति बनाई जाएगी अब कुछ समाचार संक्षेप में आगर मालवा जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है